इसके लिए तैयारियों को कई गुना बढ़ाना होगा चिकित्सा विभाग ने कहा है कि ऐसे लाभार्थियों का डेटा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार तैयार करें वैक्सीनेशन के लिए सभी सदस्यों और अधिकारियों का चयन कर उनका प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित किया जाए विभाग ने जिलों में हैल्थ केयर वर्कर्स और फ़ंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए भी आगामी सत्र आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं

स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षायें भी आज से शुरू हो रही है

सभी स्थानों पर हैल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा इसका उल्लंघन करने पर केन्द्र और राज्य सरकार की गाईडलाइन के अनुसार जुर्माना वसूला जायेगा

चार जिले चूरू सवाई माधोपुर झुंझुनूं और टोंक पहले से ही सकिय मामले रहित है प्रदेश में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या घटकर डेढ़ हजार से नीचे आ गई है

राज्य में कल इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृखंला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है

श्री मोदी ने कल हिमस्खलन के बाद की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की श्री मोदी उत्तराखंड में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रधानमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी

वहीं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने भी कल नई दिल्ली में उत्तराखंड में ग्लेशियर ट्रटने से आई प्राकृतिक आपदा पर समीक्षा बैठक की बैठक में बताया गया है कि केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार निचले इलाकों को बाढ़ से फिलहाल कोई खतरा नहीं है आसपास के गांव भी सुरक्षित हैं इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को सतर्कता बरतने को कहा गया है इधर जोधपूर सांसद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हादसे के संबंध में अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की है श्री शेखावत ने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी टेलीफोन पर बातचीत की

उन्होंने जवानों के साहस को नमन किया है इधर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस द्र्घटना के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है श्री मिश्र ने आह्वान किया कि इस प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान पूरी सतर्कता और तेजी से चलाया जाए ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो और स्थितियां जल्द से जल्द सामान्य हो सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में सरकार बहुत चिंतित हैं और उनकी सलामती और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं

मंत्रालय ने बताया कि इससे फसल बीमा के अधिकतम लाभ किसानों को मिल सकेंगे मंत्रालय ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में लगभग तीन सौ पांच करोड़ रूपये की बढ़ोतरी की गई है

इसमें उदयपुर जोधपुर ड्रंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही प्रतापगढ पाली जालौर बाड़मेर जैसलमेर और नागौर जिले के युवा भाग ले रहे हैं

यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा

कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी में बढ़ोतरी भी हुई है सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि एब बार फिर सर्दी बढ़ने से जन जीवन पर असर पड़ा है